अब तक अठारह नामांकन पत्र दाखिल

राज्य में पांचवें चरण में पांच सीटों पर छह मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कल छह उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किये राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस चरण के लिए नामांकन के तीसरे दिन मुजफ्फरपुर से तीन मधुबनी से दो और हाजीपुर सुरक्षित क्षेत्र से एक उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है श्री सिंह ने बताया कि सीतामढ़ी और सारण लोकसभा क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया है निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अब तक कुल अठारह उम्मीदवार इन क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं पांचवें चरण के लिए सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर हाजीपुर सुरक्षित सारण और मधुबनी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक ने एक बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश की है पहले चरण के अंतर्गत ग्यारह अप्रैल को यहां मतदान हुआ था अपर मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी आ जाने के कारण बूथ संख्या दो सौ बत्तीस पर दोबारा मतदान की सिफारिश की गई है श्री सिंह ने बताया कि इस संबंध में अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को करना है कांग्रेस ने वाल्मीकिनगर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पाण्डेय के पौत्र शाश्वत केदार पाण्डेय को प्रत्याशी घोषित किया है शाश्वत युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव हैं राज्य में पहले चरण में हुये मतदान में महिलाओं ने पुरूषों के मुकाबले अधिक भागीदारी दिखायी है निर्वाचन आयोग के अनुसार लगभग साढ़े तिरपन प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से देशभर में लगभग दो हजार चार सौ चौंसठ करोड़ रूपये मूल्य की नकदी अवैध शराब मादक पदार्थ सोना और उपहार सामग्री जब्त की है राज्य में लगभग पौने पांच करोड़ रूपये की नकदी जब्त की गयी है आयोग ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे देश से छह सौ अठाईस करोड़ रूपये से अधिक की नकदी एक हजार संतानवे करोड़ रूपये के मादक पदार्थ चार सौ नब्बे करोड़ रूपये की कीमती धातू दो सौ चार करोड़ रूपये मूल्य की शराब और तैंतालीस करोड़ रूपये के उपहार पकड़े गये हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग स्मारक में सौ वर्ष पहले हुये नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उपराष्ट्रपति इस अवसर पर स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ उन्नीस को इस बाग में हो रही शांतिपूर्ण जनसभा पर जनरल डायर ने पूलिस जवानों से गोली चलवायी थी जिसमें सैंकड़ों निर्दोष महिलाएं पुरूष और बच्चे शहीद हुए थे पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मोर्चा रोड में अपराधियों ने एक व्यावसायी की गोली माकरक हत्या कर दी इस घटना में अपराधियों की गोली से महिला समेत चार अन्य लोग भी घायल हो गये भाग रहे अपराधियों ने दो बम विस्फोट भी किया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है राज्य परिवहन विभाग ने कहा है कि प्रदूषण जांच में विफल वाहनों के लाईसेंस को रद्द किया जायेगा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों के लाईसेंस की भी जांच की जा रही है जिन केंद्रों में अनियमितता पायी जायेगी उनका भी लाईसेंस रद्द होगा मौसम विभाग ने पूर्णिया और उसके आसपास के क्षेत्रों अररिया कटिहार किशनगंज में दो से तीन घंटों के दौरान गरज के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में अगले दो दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और जानमाल को बचाने के लिये अलर्ट रहने को कहा है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस महीने मौसम की अनिश्चितता बनी रहेगी उधर राजधानी पटना में कल दिन का तापमान छत्तीस डिग्री सेल्सियस पार कर गया रात के तापमान में सबसे ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि देखी गयी पारा लगभग छब्बीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया ऐसी ही स्थिति आज और कल भी बनी रह सकती है प्रदेश में रामनवमी का त्योहार आज पूरे श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है धार्मिक मान्यता के अनुसार आज प्रातः आठ बजकर पच्चीस मिनट तक अष्टमी है इसके बाद नौवीं का प्रवेश हो गया रामनवमी को लेकर राजधानी सहित पूरे प्रदेश में विशेष इंतजाम किये गये हैं श्रद्वालुओं की सहुलियत के लिये पटना स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर का पट देर रात दो बजे खोल दिया गया महावीर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है इसके अलावा रामनवमी शोभा यात्रा को नियंत्रित करने के लिये पूलिस बल के साथ साथ स्वयं सेवकों की भी तैनाती की गयी है रामनवमी के मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनायें दी है उधर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि पर्व को राजनीति से नहीं जोड़े अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी राज्य सरकार ने पर्व को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये हैं संवेदनशील स्थानों पर सेंट्रल पुलिस बल की तैनाती की गयी है बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर प्रतिबंद्व लगाया गया है पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष दो हजार अठारह के मई महीने में एक व्यक्ति की कार से शराब और पैसे जब्त करने के मामले में दरभंगा के जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है न्यायालय ने जिलाधिकारी को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुये पूछा है कि शराबबंदी के किस प्रावधान में पर्स में रखे पैसों को जब्त किया गया डीएलएड परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिये सत्रह से इक्कीस अप्रैल तक फॉर्म भरा जा सकेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बोर्ड की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बिहारबोर्ड डॉट ऑनलाइन पर परीक्षा फॉर्म उपलब्ध रहेगा उन्होंने कहा कि निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जायेगा सहकारी संस्था नाफेड वर्तमान वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीस लाख टन सरसों और दलहन की खरीद करेगा सीवान जिले के रघ्नाथप्र थाना क्षेत्र के नवादा और बड्आ दियारा में तीन सौ एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गयी

बक्सर जिले की रेल पुलिस ने बक्सर जंक्शन पर कुंभ एक्सप्रेस के एक डिब्बे से बीस कछुओं को जब्त किया है पुलिस को देखते ही सभी तस्कर फरार हो गये कैमूर जिले के भभुआ पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है इस मामले में एक इनामी नक्सली के संबंधी को गिरफ्तार किया है बिहार राज्य अंडर थर्टीन शतरंज प्रतियोगिता आज से पटना सिटी के गायघाट स्थित नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीच्यूट में शुरू हो रही है प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं पटना में खेली जा रही जिला अंतर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता के बालक अंडर थर्टीन वर्ग में कार्तिक अस्मित अक्षर अथर्व और विनित कुमार ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है बिहार हैंडबॉल टीम के चयन के लिये तीन से पांच मई तक पटना में शिविर आयोजित किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनावी बाँड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है चुनावी बाँड का ब्योरा देना होगा दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इसी खबर पर शीर्षक दिया है सभी राजनीतिक पार्टियां बतायें चुनावी बाँड से कितने पैसे मिले दैनिक भास्कर ने एक सौ छप्पन पूर्व सैन्य अफसरों ने राष्ट्रपति को लिखा सेना को राजनीति से बचायें को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने लोकसभा चुनाव से संबंधित खबर पर लिखा है ध्रआंधार प्रचार के बाद भी पहले फेज में बिहार में सबसे कम वोटिंग इसी खबर में एक छोटा शीर्षक है राज्य में अब तक पीएम व राहुल कर चुके हैं तीन तीन सभायें

अब तक अठारह नामांकन पत्र दाखिल